लोकसभा चुनाव के ताजा रूझानों के अनुसार एनडीए को भारी बहुमत मिलती दिख रही है गठबंधन ने पूर्ण बहुमत का आंकड़ा छू लिया है प्राप्त जानकारी के अनुसार एनडीए दो सौ उनासी सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है जबकि छिहत्तर सीटों पर आगे है वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए को पैंसठ सीटों पर जीत मिली है और चौबीस सीटों पर आगे है अन्य दलों ने छप्पन सीटों पर जीत हासिल की है जबकि बयालीस सीटों पर आगे चल रहे हैं बिहार में एनडीए क्लीन स्वीप करता दिख रहा है चालीस लोकसभा सीटों में से एनडीए को उनचालीस सीटों पर जीत मिलती दिख रही है महागठबंधन में सिर्फ कांग्रेस को एक सीट किशनगंज पर जीत मिली है राष्ट्रीय जनता दल हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और विकासशील इंसान पार्टी का खाता भी नहीं खुल सका है और न ही ये सभी पार्टियां इस स्थिति में दिख रही हैं कि इन्हें किसी भी सीट से जीत मिलेगी बिहार की चालीस लोकसभा सीटों में से छत्तीस सीटों के परिणाम आ गये हैं हालांकि अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है भाजपा सत्रह सीटों पर जदयू तेरह और लोजपा पांच सीटों पर चुनाव जीत चुकी है ताजा रूझान के अनुसार जदयू तीन और लोजपा एक सीट पर आगे है वाल्मिकीनगर से जदयू के वैधनाथ प्रसाद महतो दो लाख बयासी हजार दरभंगा से भाजपा के गोपालजी ठाकुर दो लाख सड़सठ हजार बेगूसराय से गिरिराज सिंह लगभग तीन लाख वोटों से चूनाव जीत चूके हैं गया से जदयू के विजय कुमार मांझी जमुई से लोजपा के चिराग पासवान वैशाली से लोजपा की वीणा देवी सीतामढ़ी से जदयू के सुनील कुमार पिंटू सासाराम से भाजपा के छेदी पासवान महाराजगंज से भाजपा के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल गोपालगंज से जदयू के आलोक कुमार सुमन उजियारपुर से भाजपा के नित्यानंद राय और आरा से भाजपा के आरके सिंह चुनाव जीत चुके हैं अररिया से भाजपा के प्रदीप कुमार सिंह मधुबनी लोकसभा सीट पर भाजपा के अशोक कुमार यादव पटना साहिब लोकसभा सीट से भाजपा के रविशंकर प्रसाद शिवहर से भाजपा की रमा देवी झंझारपुर से जदयू के रामप्रीत मंडल पूर्णिया से जदयू के संतोष कुशवाहा सुपौल से जदयू के दिलेश्वर कामत मुंगेर से जदयू के राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह भागलपुर से जदयू के अजय कुमार मधेपुरा लोकसभा सीट से जदयू के दिनेश चंद्र यादव काराकाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से जदयू के महाबली सिंह नालंदा में जदयू के कौशलेंद्र कुमार बांका से जदयू के गिरधारी यादव हाजीपुर से लोजपा के पशुपति कुमार पारस और खगड़िया से लोक जनशक्ति पार्टी के महबूब अली कैसर निर्णायक बढ़त के साथ चुनाव जीत चुके हैं पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र से भाजपा के रामकृपाल यादव पश्चिम चंपारण लोकसभा सीट पर भाजपा के संजय जायसवाल गोपालगंज से जदयू के आलोक कुमार सुमन सीवान से जदयू की कविता सिंह मुजफ्फरपुर से भाजपा के अजय निषाद और सारण से भाजपा के राजीव प्रताप रूढ़ी भी चुनाव जीत चुके हैं किशनगंज से कांग्रेस के डॉक्टर मोहम्मद जावेद ने जीत हासिल की है अभी इन सीटों पर वीवीपैट के मतों का ईवीएम में डाले गये मतों से मिलान हो रहा है जिसके बाद आधिकारिक रूप से इनकी जीत की घोषणा की जायेगी पूर्वी चंपारण में भाजपा के राधामोहन सिंह कटिहार से जदयू के दुलालचंद गोस्वामी और समस्तीपुर से लोजपा के रामचंद्र पासवान आगे चल रहे हैं

मधुबनी संसदीय क्षेत्र से भाजपा के अशोक कुमार यादव साढ़े चार लाख से अधिक मतों से जीत दर्ज कर रहे हैं बेगूसराय से गिरिराज सिंह अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी के कन्हैया कुमार को चार लाख से अधिक मतों से मुजफ्फरपुर से भाजपा के अजय निषाद लगभग चार लाख मतों से विकासशील इंसान पार्टी के राजभूषण चौधरी निषाद को पराजित कर रहे हैं इसके अलावा वाल्मीकिनगर से जदयू के वैधनाथ प्रसाद महतो लगभग साढ़े तीन लाख मतों से शिवहर से भाजपा की रमा देवी तीन लाख से अधिक मतों से झंझारपुर से जदयू के रामप्रीत मंडल तीन लाख से अधिक मतों से विजय की ओर अग्रसर हैं अब तक के प्राप्त नतीजों और रूझानों के अनुसार महागठबंधन के लगभग सभी दिग्गजों को करारी हार का सामना करना पड़ता दिख रहा है सासाराम से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहीं पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर मधेपुरा से शरद यादव हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी गया से काराकाट और उजियारपुर से रालोसपा अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी खगड़िया से हार रहे हैं इनके अलावा जिन दिग्गजों को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है उनमें कटिहार से कांग्रेस के तारिक अनवर पाटलीपूत्र से राजद की मीसा भारती पटना साहिब से कांग्रेस के शत्रुघ्न सिन्हा सारण से राजद के चंद्रिका राय बक्सर से राजद के दिग्गज जगदानंद सिंह वैशाली से रघ्रवंश प्रसाद सिंह दरभंगा से अब्दुल बारी सिद्दिकी मध्रबनी से निर्दलीय शकील अहमद बांका से राजद के जयप्रकाश नारयण यादव जन अधिकार पार्टी के राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव और निर्दलीय पुतुल कुमारी प्रमुख हैं देश भर में इस बार कई दिग्गजों को जीत मिली तो कई को हार का सामना करना पड़ा जीतने वालों में भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भाजपा अध्यक्ष अमित शाह कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी शामिल हैं इसके अलावा केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह नितिन गडकरी मेनका गांधी को भी जीत मिली है इस बार सबसे चौंकाने वाली हार कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की हुई

हालांकि उन्होंने केरल के वायनाड क्षेत्र से जीत हासिल की है भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि लोकसभा चूनाव के फैसले से फिर भारत की जीत हुई है श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि अगर हम सब एक साथ और एकजुट हों तो एक मजबूत और समावेशी भारत का निर्माण सम्भव है उन्होंने कहा कि देश के लोग मिलकर भारत को विकसित और समृद्ध बनाएंगे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में एनडीए की जीत पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बधाई दी है नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में श्री गांधी ने कहा कि वे जनादेश का सम्मान करते हैं क्योंकि लोकतंत्र में जनता मालिक है उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है और वे इसे जारी रखेंगे जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए की जीत पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री कुमार ने कहा कि यह निर्णायक जीत जिम्मेदारियों के साथ आयी है जिसका पूरे तरीके से निर्वाह करने का प्रयास नई सरकार करेगी

उन्होंने कहा कि वे जनादेश का सम्मान करते हैं एनडीए के नेताओं ने बिहार में गठबंधन की शानदार जीत पर आम लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने कहा है कि यह जीत आम लोगों के भरोसे की जीत है पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री राय ने कहा कि भाजपा और एनडीए के घटक दलों को जिस तरह से आम लोगों का आशीर्वाद मिला है वह ऐतिहासिक है पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने इस जीत को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे यह साबित हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश के लोगों ने अपना विश्वास जताया है उन्होंने कहा कि चुनाव परिणामों से यह साबित हो गया है कि देश में जातिवाद भ्रष्टाचार और वंशवाद को लोगों ने सिरे से खारिज किया है एनडीए की जीत पर भाजपा जदयू और लोजपा कार्यकर्ता अबीर गुलाल लगाकर और पटाखे फोड़कर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं पटना स्थित प्रदेश कार्यालयों में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को बधाई दी और मिठाईयां खिलायी हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि जिलों में भी एनडीए कार्यकर्ताओं में काफी खुशी देखी जा रही है भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक अब से थोड़ी देर बाद नई दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में होगी इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भाग लेंगे इससे पूर्व भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने वरिष्ठ पार्टी नेता नरेन्द्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह से फोन पर बातचीत कर उन्हें लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की शानदार बढ़त पर बधाई दी राजनाथ सिंह ने एक ट्वीट में इसे नरेन्द्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व अमित शाह की रणनीति और लाखों भाजपा कार्यकर्ताओं के कठिन परिश्रम की उपलब्धि बताया इस सफलता को ऐतिहासिक करार देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि लोगों ने एनडीए को स्पष्ट जनादेश दिया है और नये भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भरोसा व्यक्त किया है इस बार संपन्न हुये लोकसभा चुनाव में प्रदेश की चालीस सीटों से कुल छह सौ छब्बीस उम्मीदवार मैदान में थे सबसे अधिक पैंतीस उम्मीदवार बहजन समाज पार्टी ने उतारे थे जबकि राजद के उन्नीस उम्मीदवार चुनाव मैदान अपनी किस्मत आजमा रहे थे जदयू और भाजपा ने सत्रह सत्रह तथा लोजपा ने छह उम्मीदवार उतारे थे कांग्रेस के नौ तथा रालेसपा और एनसीपी के पांच पांच उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे सीपीआई के दो और सीपीएम तथा तृणमूल कांग्रेस भी एक एक उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे थे इसके अलावा दो सौ तीस निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे जबकि बिना मान्यता प्राप्त पार्टियों के उम्मीदवारों की संख्या दो सौ उनासी थी छप्पन महिला उम्मीदवार भी चूनाव मैदान में थीं लोकसभा चूनाव में सबसे अधिक पैंतीस उम्मीदवार नालंदा और सबसे कम उम्मीदवार आठ उम्मीदवार दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में थे इस बार लोकसभा चुनाव में बारह विधायक और दो विधान पार्षद चुनाव मैदान में थे इनमें से पांच विधायकों और दो विधान पार्षदों को जीत मिलती दिख रही है जदयू विधायक दिनेश चंद्र यादव को मधेपुरा से अजय मंडल को भागलपुर से गिरिधारी यादव को बांका से और कविता सिंह को सीवान से जबकि जदयू के विधान पार्षद ललन सिंह और लोजपा के पशुपति कुमार पारस अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वियों पर निर्णायक बढ़त के साथ जीत हासिल करने की ओर अग्रसर हैं